मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए सांझे प्रयासों की जरूरत बताई और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा सभी जिलों को उपलब्ध कराए जाएंगे मास्क पीपीई किट व मैडिकल उपकरण कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

इस दौरान सभी सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे लेकिन आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में ये फैसला लिया गया

कर्फयू अवधि के दौरान बाजार खुलने और बंद होने के समय और लोगों की एक जगह पर एकत्रित होने की संख्या को लेकर मानक संचालन प्रकिया कल जारी होगी औद्योगिक संस्थान राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे

मंत्रिमण्डल ने नागरिक कार्यस्थलों बागवानी कृषि व अन्य परियोजना स्थलों पर कार्य जारी रखने का निर्णय लिया है

सर्वदलीय बैठक प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकमण की स्थिति को लेकर आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में सत्ता पक्ष व विपक्ष ने संकट के इस दौर से निकलने के लिए सार्थक चर्चा की उन्होंने कहा कि इस महामारी पर काबू पाने के लिए सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है

इस दौरान विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कोविड मामलों और कोविड की जांच रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी पर चिंता जताई उन्होंने आश्वासन दिया कि इस कठिन समय में विपक्ष सरकार के साथ खडा है और जनहित के सरकार के फैसलों का पूरा समर्थन करेगा माकपा नेता राकेश सिंघा ने होम आईसोलेशन में गंभीर रूप से बीमार कोविड रोगियों को जल्द अस्पताल स्थानांतरित करने की जरूरत बताई केन्द्रीय मंत्रिमंडल केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को मई और जून माह के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दी है केन्द्र ने पिछले महीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के तहत दो महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की घोषणा की थी मंत्रिमंडल ने आज इस फैसले को स्वीकृति दे दी इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह पांच किलो चावल या गेहूं दिया जाएगा

अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल के सभी ज़िलों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क पीपीई किट व मैडिकल उपकरण उपलब्ध कराएंगे ताकि कोरोना योद्वाओं व कोरोना मरीजों को मैडिकल उपकरणों की कमी न हो उन्होंने कहा है कि ये सामग्री आगामी दो सप्ताह में सभी जिला मुख्यालयों तक पहुंचा दी जाएगी अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनका प्रयास है कि प्रदेश और प्रदेश से बाहर रह रहे हिमाचल के लोगों को तत्काल हर संभव सहायता पहुंचाई जा सके अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना के इस कठिन दौर में केंद्र व राज्य सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ इससे बचाव के सभी उपाय कर रही है उन्होंने संकट के इस समय सामूहिक जिम्मेदारी से आमजन को सहयोग करने का आहवान किया है अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर बिलासपुर और ऊना में पीएफए ऑक्सीजन प्लांट जल्द लगाए जाएंगे और प्रदेश में जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोडी जाएगी उन्होंने प्रदेश के लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का आग्रह भी किया है

जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में आज तीन स्थानों केलंग जाहलमा और दार्चा में वैक्सीनेशन का कार्य किया गया

इधर शिमला में प्रैस क्लब व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया

क्लब के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज ने शिविर में आई स्वास्थ्य विभाग की टीम के डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ का आभार जताया है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी नेताओं से कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भी पिछले साल की तरह लोगों की मदद के लिए आगे आने का आहवान किया है वे आज सिरमौर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की वचुर्अल बैठक को संबोधित कर रहे थे राठौर ने पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों को तब तक स्थगित रखने को कहा है जब तक प्रदेश में कोरोना का प्रकोप खत्म नहीं हो जाता

उन्होने कहा कि संदेश प्राप्त होने पर ग्राहक को घर पर सिम भेज दी जाएगी

सेना भर्ती कार्यालय मंडी के भर्ती निदेशक कर्नल एम राजा राजन ने ये जानकारी दी है